पश्चिम बंगाल में ठाक्रनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में नई घोषणाओं से किसानों को बड़ा फायदा होगा प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह किसानों के ऋण माफ करने के झूठे दावे कर रहा है उन्होंने कहा कि ऋण माफी की राजनीति किसानों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है

श्री गहलोत ने अंतरिम बजट पर अपनी प्रतिकिया में कहा कि यह दिशाहीन बजट है और इसमें कोई बड़ी सोच दिखाई नहीं देती

भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के महानिदेशक चन्द्रजीत बैनर्जी ने बजट को अच्छा और विकासोन्मुखी बताया है राष्ट्रीय क्रषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष एच के भानवाला ने कहा है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने की जो घोषणाएं की गई है उससे उनकी उत्पादकता में सुधार होगा और वे सहायता राशि का उपयोग बीज उवर्रक और खेती संबंधी साज सामान खरीदने में कर सकेंगे भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष रजनीश कुमार ने कहा है कि अंतरिम बजट विकासमूलक है और इससे देश के तेजी से बढ़ रहे मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ेगी अखिल भारतीय उद्योग संघ के अध्यक्ष श्री विजय कलन्त्री ने कहा है कि सरकार द्वारा उठाये गये आयकर और स्रोत पर कटौती सीमा में बढ़ोतरी जैसे राहत उपायों से रीयल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी

आकाशवाणी के साथ विशेष भेंट में श्री गोयल ने कहा कि पिछले साढ़े चार वर्षो में सरकार द्वारा किए गए कार्यो को आगे बढ़ाया गया है समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए कल्याण और विकास सुनिश्चित किया गया है श्री गोयल ने कहा कि नोटबंदी और कालेधन के खिलाफ उठाये गये कदमों से सरकार की कर वसूली से होने वाली आमदनी में बढोतरी हई है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग बजट के बाद के विश्लेषण पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा

उन्होंने बताया कि जयप्र महाखेल खेलो इंडिया से प्रेरित है और इसमें विजेता खिलाडियों को साढे सात लाख रूपए की राषि के पुरस्कार दिये जायेंगे

उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों के संबंध में चर्चा की और फीड बैक लिया

तीन दिन के इस फेस्टिवल में दो हजार चिकित्साकर्मी भाग ले रहे है

हैल्थ फैस्टिवल का उद्घाटन करते हुए चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा कि राज्य में स्वाईनफ्लू और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए राज्य सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश में पचास जगहों पर स्वाईनफलू जांच केन्द्र विकसित किए जाएंगे उन्होंने कहा कि स्वाईनफ्लू की जांच के लिए प्रदेश में अभी आठ स्थानों पर जांच केन्द्र उपलब्ध हैं और शीघ्र ही सभी जिला मुख्यालय पर इसकी जांच की व्यवस्था की जाएगी

उन्होंने अन्य ग्राम पंचायतों का दौरा भी किया और जनसुनवाई की

बूंदी में पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी आजीवन कारावास और बीस हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई बाड़मेर जिले के बालोतरा और पचपदरा इलाके में इन दिनों कुरजा पक्षियों का कलरव स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है सात समंदर पार से आए कुरजां पंछियों ने आसपास के तालाबों में डेरा डाल रखा है

बीकानेर के नापासर गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने केन्द्र पर प्रसव के लिए आई महिला के बेटी होने पर वहां मिठाई बंटवाई सवाईमाधोपुर जिले में आज सुबह बाघ के हमले में एक महिला की मौत हो गई

इसमें देश विदेश के हजारों धावक भाग लेंगे

धौलपुर नागौर चूरू और भरतपुर सहित कई स्थानों पर आज सुबह घने कोहरे के ् कारण सड़क यातायात प्रभावित रहा हमारे भरतपुर संवाददाता ने बताया कि क्षेत्र में सुबह ध्रंध की वजह से सड़क यातायात प्रभावित रहा